लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में आठ हजार एक सौ से अधिक औद्योगिक इकाईयों में काम शुरू हुआ चालीस चीनी मिलों में साठ हजार मजदूरों को मिला रोजगार केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा पूर्णबंदी के दौरान किसानों को सत्रह हजार नौ सौ छियासी करोड़ रूपए वितरित किए गए देश में अनाज का उत्पादन आवश्यकता से अधिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक पांच सौ दस लोग स्वस्थ हुए सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार पांच सौ पच्चासी केन्द्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है कि राज्यों में प्रवासी मजद्रों सहित विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों के अंतर राज्यीय आवागमन को सुगम बनाया जाए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 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात करने तथा मानक प्रक्रिया विकसित करने को कहा गया है नोडल अधिकारी अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फसे लोगों का पंजीकरण कराएंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोविड नाइन्टीन के लक्षण नहीं दिखेंगे उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति होगी ऐसे व्यक्तियों को समूह में ले जाने के लिए बसों का उपयोग किया जायेगा बसों को सेनिटाइज करना होगा और बसों के भीतर सुरक्षित दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित करना होगा अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहुंचने पर लोगों को घर में या अस्पताल में क्वारंटीन किया जाएगा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 उन्हें आरोग्य सेतू ऐप डाउनलोड करने और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में बताया कि कोरोना वायरस के कारण प्रदेश में लागू लॉकडाउन के दौरान आठ हजार एक सौ चालीस औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू हो गया है प्रदेश की चालीस चीनी मिलों में भी काम चल रहा है जहां साठ हजार मजदूरों को रोजगार मिला है प्रदेश के पैंतीस हजार दो सौ तिरासी कॉमन सर्विस सेन्टर भी काम करने लगे हैं श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एल वन एल टू और एल थ्री डेडीकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता का विस्तार करते हुए बावन हजार बिस्तरों की व्यवस्था करने को कहा है उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन अथवा द्रूपयोग करने वालों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जायेगी श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश सरकार महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम अट्ठारह सौ सत्तानबे में संशोधन के लिये शीघ्र ही अध्यादेश लायेगी उन्होंने बताया कि प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे विभिन्न जिलों के छात्र छात्राओं को उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था जारी है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 कल नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है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 श्री तोमर ने यह जानकारी भी दी कि अनाज की कोई कमी नहीं है और पूर्णबंदी के दौरान दूध तथा सब्जियां भी उपलब्ध हो रही हैं उन्होंने कहा कि सत्तावन लाख सात हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में ग्रीष्मकालीन ब्राई हई है कानपुर नगर के हॉटस्पॉट क्षेत्र चमनगंज में कल कुछ उपद्रवियों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया डीआईजी अनंत देव तिवारी ने बताया कि टीम इलाके में कोरोना मरीज के परिजनों को क्वारंटीन के लिए लेने गयी थी जिसका उपद्रवियों ने विरोध किया उन्होंने कहा कि पूलिस ने त्रंत हालात पर काबू करते हए कुछ गिरफ्तारियां की हैं हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है घटना के बाद पुलिस बल ने चमनगंज और बजरिया क्षेत्र में फ्लैगमार्च किया लॉकडाउन के कारण महानगरों से प्रदेश वापस लौटे प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों को मनरेगा के तहत गांवों में काम दिया जा रहा है चंदौली जिले के रहने वाले आजाद यादव ने बताया कि नोएडा में फैक्ट्री बंद होने के बाद वह पिछले दिनों गांव लौट आया जहां अब मनरेगा में काम मिला है मेरा नाम आजाद यादव है

मै पहले नोएडा फोज ट्र रहता था नया गांव में

प्रतापगढ़ जिले के गोपालापुर की रहने वाली गीता को भी मनरेगा के तहत रोजगार मिला है उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन भी मिल रहा है हम गोपालापुर के निवासी हैं हमारा नाम गीता है इस लॉकडाउन में हमारा मोदी सरकार ने गरीब लोगों को बहुत मदद किया है रोजगार का काम दिया है और हम सब गरीब लोगों को हजार रूपया भेजा है

सरकार प्री में राशन जब से लाकडाउन चल रहा है दे रही है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है अब तक पांच सौ दस लोगों को अस्पतालों से छट्टी दी जा चुकी है सबसे अधिक इक्यानबे मरीज आगरा जिले में स्वस्थ हुए हैं इसके बाद गौतमबुद्ध नगर में इक्यासी लखनऊ में पचास और मेरठ में छियालीस लोग अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं प्रदेश में कल कोविड नाइन्टीन के इक्यासी नए मामले सामने आए जिसके बाद राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की कूल संख्या दो हजार एक सौ चौंतीस हो गई है अब तक बीमारी से उन्तालीस लोगों की मृत्यु हुई है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार पांच सौ पच्चासी है सबसे अधिक प्रभावित आगरा जिले में कल कोविड नाइन्टीन संक्रमण के उन्तीस नए मामले सामने आए फिरोजाबाद में दस अलीगढ़ में आठ मुजफ्फरनगर में पांच संभल में चार रामपुर में तीन और झांसी में दो नए मामले मिले हैं जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना के खिलाफ प्रथम पंक्ति में जंग लड़ रहे चिकित्सा कर्मियों का सम्मान करें मैं चाहता हूं कि आप अपना कुछ कीमती क्त निकालें और अपने डॉक्टर नर्स और हेल्थ वर्कर को याद करें जो अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए अपने देश की सेवा में जुड़े हुए हैं इतनी हिम्मत दिखाने के बावजूद ये देख के बड़ा दुख हो रहा है कि जहां भी वो रहते हैं उन्हें पत्थरों और हमलों का सामना करना पड़ रहा है अगर हम लोग और कुछ नहीं कर सकते तो ऐटलिस्ट उन लोगों की सुरक्षा के लिए हम आवाज उगएं प्रयागराज से विद्यार्थियों को लेकर कुशीनगर जा रही परिवहन निगम की बस कल अयोध्या में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी हादसे में पच्चीस छात्र छात्राओं सहित सत्ताइस लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से घायल दस लोगों को उपचार के लिए अयोध्या के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया दुर्घटना अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग पर कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के बिलारी के पास उस समय हुई जब बस आगे जा रहे ट्रक से जा टकरायी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लेते हए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को घायलों का समुचित इलाज कराने और सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित घर भेजने के निर्देश दिए हैं जौनप्र जिले के बरसठी थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के चार लोगों समेत पांच व्यक्तियों की कल अलग अलग हादसों में मृत्यु हो गयी पुलिस ने बताया कि गांव सरसरा में मकान बनाने के लिए नींव खोदते समय पड़ोसी की दीवार ढहने से भाई बहन घायल हो गये बहन को इलाज के लिए निकट के कस्बे ले जाया जा रहा था कि रास्ते में एक वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल पर सवार बहन समेत सभी तीन लोगों की मृत्यु हो गयी उधर गंभीर रूप से घायल भाई की उपचार के लिए भदोही ले जाते समय रास्ते में मृत्यू हो गयी दीवार ढहने से घायल एक मजदूर की भी मृत्यु हो गई और अब कुछ संक्षिप्त समाचार केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत देश में स्व सहायता समूहों ने एक करोड़ से अधिक मास्क तैयार किए हैं उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक विधि विधान के साथ खोल दिए गए इससे पहले गंगोत्री और यमनोत्री धाम के कपाट छब्बीस अप्रैल को खोले गए थे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट पन्द्रह मई को खोले जाएंगे पीलीभीत जनपद में लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस अधीक्षक ने बिलसंडा और जहानाबाद थाना इंस्पेक्टरों को निलंबित कर के उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं